भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा भारी बहमत के साथ पूनः सत्ता में लौटेगी वह आज अलीगढ़ में पार्टी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और मोदी सरकार फिर से लाने का आहवान किया है प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोका जा सकता उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दो हजार सत्रह के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का हश्र देख चुकी है राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस बारे में भाजपा का नजरिया बिल्कुल साफ है और वह चाहती है कि अयोध्या में उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हो इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग के लोगों के उन्नयन के लिये काम कर रही है और इस दिशा में विभिन्न योजनाएं संचालित कर रखी है श्री योगी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और ऐसे में दलितों और पिछड़ा को भी यहां आरक्षण दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को केन्द्र से करोड़ों रूपये की मदद मिलती है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से श्रू हो रही हैं नकलविहीन और सुचारू रूप से परीक्षाएं सम्पन्न कराने के लिये राज्य सरकार ने प्रख्ता व्यवस्थाएं की है

परीक्षाओं के लिये पूरे प्रदेश में आठ हजार तीन सौ चौव्वन विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है इनमें एक हजार तीन सौ चौदह परीक्षा केन्द्रों को संवेदनशील और चार सौ अड़तालीस केन्द्रों को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है

सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसी टीवी और वॉयस रिकार्डर लगाये गये हैं हाईस्कूल की परीक्षाएं अट्ठाईस फरवरी और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दो मार्च तक जारी रहेंगी मुजफ़्फरनगर के सत्र न्यायालय ने जिले के चर्चित कवाल हत्याकांड में सात लोगों को दोषी करार दिया है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमाशु भटनागर ने इस हत्याकांड के मामले में दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों के आधार पर सात अभियुक्तों को दोषी करार दिया है न्यायालय परसों आठ फरवरी को इस मामले में सज़ा सुनायेगा गौरतलब है कि सत्ताईस अगस्त दो हज़ार तेरह को कवाल गांव में एक मामूली विवाद के बाद दो युवकों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद दंगा भड़क गया था जिसमें पैंसठ लोगों की मौत हो गई थी इन सात अभियुक्तों में दो लोग जमानत पर थे जबकि पांच नामजद लोग हत्याकांड के बाद से ही जेल में निरूद्व थे जमानत पर चल रहे दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है

हमारे संवाददाता ने आधिकारिक विज्ञप्ति के हवाले से बताया है कि प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक जांच दल के अध्यक्ष होंगे चार सदस्यीय विशेष जांच दल के प्रमुख प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक अतुल होंगे दल के दूसरे सदस्यों में भूतपूर्व जिला न्यायाधीश सुभाष चंद्र अग्रवाल और भूतपूर्व अपर निदेशक अभियोजन योगेश्वर क्रष्ण श्रीवास्तव शामिल हैं पूलिस अधीक्षक या फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी भी इस दल का हिस्सा होगा विशेष जांच दल को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डेन आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है लोग सवेरे नौ बजे से शाम चार बजे तक इस उद्यान में जा सकते ह मुगल गार्डेन अगले महीने की दस तारीख तक खुला रहेगा लेकिन रख रखाव के लिए हर सोमवार को यह आगन्तुकों के लिए बंद रहेगा आम जनता मुगल गार्डेन के भीतर बने आध्यात्मिक उद्यान औषधि उद्यान बोंजाई उद्यान और संगीत उद्यान देख सकेंगे इस साल से मुगल गार्डेन जाने के लिए अग्रिम ब्रकिंग की ऑन लाइन सुविधा शुरु की गई है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

प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर आज सुबह हुई बारिश से ठंड में बढ़ात्तरी हो गई है बूंदाबांदी और तेज हवाओं से मौसम में काफी बदलाव आया है महराजगंज में ठंड और घने कोहरे का क्रम पिछले दो दिनों से जारी है जबकि कौशाम्बी में तेज़ हवाओं के कारण ठंडक बढ़ गई है और सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है अयोध्या और गोण्डा में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव आया है जबकि कुशीनगर में घना कोहरा होने की वजह से आम लोगों पर असर पड़ा है उधर सीतापुर में सुबह तेज बारिश के बाद तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है मैनपुरी और बरेली में हल्की से तज़ बारिश से ठंडक में बढ़ोत्तरी के साथ साथ आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा मौसम विभाग के अनुसार कानपुर लखनऊ लखीमपुर खोरी और हरदोई में दोपहर तक एक सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई है मौसम वैज्ञानिकों ने कल भी राज्य के कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जाहिर किया है पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों को हड़ताल का मिला जुला असर रहा कई राज्य कर्मचारी संगठनों द्वारा आज से हड़ताल शुरू की गई प्रदेश स सरकार द्वारा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ऐस्मा लागू करने के बावजूद राज्य कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर अपनी मांग के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कन्नौज हापुड़ संभल गोण्डा अयोध्या कौशाम्बी सहित अन्य जिलों में हड़ताल का आंशिक असर है प्रदेश में दो अलग अलग सड़क हादसों में तीन महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई और अन्य दस घायल हो गये हैं कानपूर नगर के बर्रा थाना क्षेत्र में भौंती रूमा फ्लाई ओवर पर कुंभ से लौट रही जीप को ट्रक द्वारा टक्कर मार दिये जाने से तीन महिलाओं की मौत हो गई जबकि दस लोग जख्मी हो गये हैं यह सभी ट्रैवलर जीप से रोहतक वापस जा रहे थे उधर सीतापुर के मिश्रिख इलाके में प्राइवेट बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो लोगों की घटना स्थल पर मौत हो गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो लखनऊ द्वारा मिर्जापूर के कैलहट स्थित राजकीय महिला डिग्री कॉलेज में महात्मा गांधी के एक सौ पचासवें जयन्ती वर्ष पर आधारित पांच दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारम्भ आज किया गया इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि कृष्णकांत ने कहा कि गांधी जी का जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है जरूरत है कि लोगों को उससे प्रेरणा लेकर समाज का निर्माण करना चाहिए इस अवसर पर ब्यूरो के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के गन्ना आयुक्त को दो महीने के अन्दर गन्ना किसानों की बक़ाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है न्यायालय ने कहा है कि यदि गन्ना किसानों का ढाई हजार करोड़ रूपये का बक़ाया दो महीने की निर्धारित अवधि में नहीं चुकाया जाता है तो वह गन्ना आयुक्त के खिलाफ़ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई करेगी याचिका में कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने दो हजार सत्रह में किसानों का बकाये का ब्याज चुकाने का आदेश पारित किया था लेकिन प्रदेश सरकार ने उस पर अमल नहीं किया कुंभ में तीसरे शाही स्नान के लिये मेला प्रशासन न तैयारियां शुरू कर दी है

मेला क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक बंदोबस्त किये गये हैं खोये हुए लोगों की तलाश के लिये मेला क्षेत्र में पन्द्रह खोया पाया केन्द्र बनाये गये हैं पुलिस महानिरीक्षक के पी सिंह ने बताया कि अब तक खोये हुए लगभग सभी लोगों को नई प्रौद्योगिकी और खोया पाया केंद्रों की मदद से उनके परिवारों से मिला दिया गया है ब्यौरा हमारे संवाददाता से प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में कुंभ के बिछड़े लोगों के किस्से अब बॉलीवुड फिल्मों के पुराने दिनों की कहानियां हो गये हैं

अठारह हजार तीन सौ ने कुंभ में लॉस्ट एंड फाउंड सेंटरों में अपना नाम दर्ज कराया